एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि यह नया रेल मार्ग फरीदाबाद बल्लबगढ़ पलवल सोहना और ग्रुग्राम के लिए चंडीगढ़ समेत हरियाणा राज्य के सभी जिलों के साथ सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा

प्रवक्ता ने बताया कि ग्रुग्राम फरीदाबाद बल्लबगढ़ और पलवल क्षेत्र के लिए दिल्ली से ग्जरने वाला रेल नेटवर्क औदयोगिक विकास के लिए एक बहत बड़ी बाधा है प्रस्तावित नई रेल लाइन से राज्य के आर्थिक विकास के एक नए य्ग का सूत्रपात होगा प्रवक्ता ने बताया कि इस मार्ग का म्ख्य हिस्सा पहले ही मौजूद है और केवल मिसिंग लिंक उपलब्ध कराने की जरूरत है

न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने सज्जन क्मार को अपराधिक साज्ञाश रचने और सांप्रदयिक सदभाव बिगाड़नें का दोषी ठहराया है न्यायालय ने कहा कि सज्जन क्मार को इकतीस दिसम्बर तक आत्मसमर्पण करना होगा न्यायालय ने सज्जन क्मार को दिल्ली छोड़कर नहीं जाने का भी निर्देश दिया है उच्चतम न्यायालय पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर नौ सेना के सेवानिवृत कैप्टन भागमल गिरधारी लाल पूर्व विधायक महेन्द्र यादव और किशन खोखर को भी इस मामले में दोषी करार दे च्का है प्रदेश भर में चल रहे हज़ारों फर्जी स्कूलों के मामले को लेकर आज पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में चल रहे मामले पर सुवाई हुई

याचिकाकर्ता संगठन का कहना है कि सरकार ऐसे स्कूलों की संख्या बारे भ्रामक बयान देती रही है और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने व दोषी अधिकारियों पर कारवाई करने में सरकार अब तक पूरी तरह नाकाम रही है

सीआईटीयू के बैनर तले आयोजित इस सम्मेलन में आशा वर्कर्स के कार्यो उनकी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा होगी आशा वर्कर्स यूनियन की राष्ट्रीय संयोजक रंजना नरूला ने इस मौके पर कहा कि ये वर्कर्स अपने क्षेत्र में लोगों से सीधा ज्डक़र शिक्षा स्वास्थ्य पोषण आदि विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करती हैं

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्भाष बराला ने पंचकूला में एक पत्रकारवार्ता में कहा कि राफेल डील पर राहल गांधी ने श्रम फैलाने का काम किया था विधानसभा च्नाव बारे प्रछे गये एक प्रश्न पर प्रदेशाध्यक्ष श्री बराला ने कहा कि विधानसभा च्नाव अपने निश्चित समय पर होंगे लोकसभा च्नावों के लिए भाजपा तैयार है

जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहंचकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया

विधेयक केन्द्र व राज्य सरकारों को उनके लिये कल्याणकारी योजनायें उपलब्ध कराने के निर्देश भी देता है इस विधेयक का उद्देश्य इस सम्दाय को समाज भी मुख्यधारा में शामिल करना है

हरियाणा के विभिन्न जिलों से गीता जयंती महोत्सव मनाये जाने के समाचार है प्रदेश के जन स्वास्थ्य मंत्री डा बनवारी लाल ने आज रिवाडी जिले के गांव हरजीप्र में आयोजित खंड स्तरीय गीता जयंती महोत्सव का दीप प्रज्जवलित कर श्भारंभ किया और अपने सम्बोधन में कहा कि गीता हिन्दू संस्कृति की पहचान है और गीता से हमें कर्म भक्ति और जान की सीख मिलती है रिवाड़ी के जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव कार्यक्रम का श्भारंभ रिवाड़ी से विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने किया अपने सम्बोध्न में उन्होंने कहा कि भगवद गीता आत्मविश्वास पूर्ण जीना सिखाती है

उधर पलवल में महात्मा गांधी साम्दायिक केन्द्र एवं पंचायत भवन में गीता जयंती के जिला स्तरीय समारोह में पृथला विधायक टेक चंद शर्मा ने शिरकत की उन्होंने जिला प्रशासन दवारा लगाई गई प्रदर्शनी को भी देखा इस मौके पर महाभारत विषय पर श्री कृष्ण भजन व ब्रज रसिया कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया अम्बाला शहर मे जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह के दूसरे दिन आज रामबाग मैदान में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हआ जिसका श्भारंभ उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने दीप प्रज्जवलित करके किया अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि आज की भौतिकवाद की दौड़ में नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है जो आदर्श समाज के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है उन्होंने कहा कि गीता स्वयं के हितों से ऊपर उठकर जनहित का मार्ग अपनाने को प्रेरित करती है वहां उपस्थित विधायक असीम गोयल ने कहा कि गीता व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाती है उन्होंने रामबाग मैदा से जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह पर निकाली गई भव्य गीता पालकी शोभा यात्रा को भी रवाना किया उधर सिरसा में चौधरी देवी लाल विश्वविदयालय स्थित मल्टीपर्पज हाल में सेमीनार प्रदर्शनी सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा गीता ज्ञान पर आधारित प्रश्नोतरी प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें महोत्सव प्रबंध समिति की अध्यक्ष आमना तस्मीन ने बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्जवलित किया पंचकूला के सैक्टर पांच स्थित इंद्रधन्ष ओडीटोरियम में आयोजित गीता जयंती महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का श्भारंभ उपाय्क्त म्क्ल क्मार ने किया और अपने सम्बोधन मे कहा कि गीता वेदों का सार है भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हम परस्पर एकजूटता के साथ जीने व सकारात्मक ऊर्जा के साथ पृण्य करने के लिये प्रेरित करता है रोहतक गोहाना हाइवे गांव रूखी के एक कार और एक क्र्ज़र के आमने सामने की टक्कर में कार सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं उनके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गये सभी चारों रोहतक शहर के रहने वाले है पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है

सिरसा जिले की सीआईए प्लिस टीम ने चैकिंग व गश्त के दौरान बणी क्षेत्र से एक मोटर साइकिल सवार को काब् करके उसके कब्जे से चार हजार नौ सौ पचास नशीली प्रतिबंधित गोलियां बरामद की है